उत्तर पूर्वी दिल्ली में परीक्षाओं के संशोधित किये गए कार्यक्रमों को पुनः संशोधित किया जाएगा

राज्यपाल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं

राज्यपाल ने उन्हें अपने जिलों में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए

सावधानी कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबून पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

सैनिटाईजर पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने रसायन मुक्त नया हैंड सैनिटाईजर विकसित किया है ये सैनिटाईजर चाय के घटकों व प्राकृतिक गंध से तैयार किया गया है जिसे जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा संस्थान के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और बाजार में नकली उत्पादों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस के बचाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी बाहरी राज्यों में नहीं भेजी जाएगी बसें

दिव्य हिमाचल लिखता है सरकारी दफ्तरों में बाहरी लोगों पर रोक फाइलों की मूवमेंट कम कर ई मेल और पत्राचार को प्राथमिकता देने की सलाह दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में और बढ़ी सतर्कता सरकार ने फ्लू व बुखार से पीड़ित कर्मियों को अवकाश पर रहने की दी सलाह दैनिक भास्कर ने मुख्य सचिव के हवाले से लिखा है बेहद जरूरी काम हो तभी सरकारी दफ्तरों में आएं लोग हिमाचल दस्तक का कहना है सीएम के दूअर रद्द सरकारी दफ्तरों में सेनेटाइजर ज़रूरी आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में लगती सभी सीमाएं सील इंदु गोस्वामी के राज्यसभा निर्वाचित होने संबंधी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश से राज्यसभा पहुंची इंदु गोस्वामी कांग्रेस से छीनी सीट

पंजाब केसरी ने इंदु गोस्वामी के हवाले से लिखा है हिमाचल के मुद्दों को उठाऊंगी वहीं दैनिक जागरण के शब्द हैं विश्वास पर खरा उतरने का होगा प्रयास

वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है हिमाचल को एनडीआरएफ से दोहरा उपहार दिव्य हिमाचल की एक अन्य ख़बर है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर लागू करे सरकार प्रदेश हाईकोर्ट की सलाह